इसके बाद दिल्ली का स्थान है जहां एक हजार सात सौ सात लोग संक्रमित हैं

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंदौर सहित प्रदेशभर में व्यापक रूप से कोरोना टेस्टिंग की गई है जिसके कारण शुरुआत में आंकड़े ज्यादा दिखाई दे रहे हैं परंतु शीघ्र ही हम इस बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण एवं विजय पा लेंगे हमने सभी संक्रमित क्षेत्रो को सील कर वहां व्यापक सर्वे करवाया है जिससे कोई भी संक्रमित व्यक्ति टेस्ट से छूटे नहीं और संक्रमण पूरी तरह से रुक जाए प्रदेश में कोरोना के इलाज की भी सर्वोत्तम व्यवस्था की गई है मुख्यमंत्री श्री चौहान फेसबुक लाइव के माध्यम से मंत्रालय में प्रदेश की जनता को संवोधित कर रहे थे

मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि हमने प्रदेश में कोरोना की टेस्टिंग पर विशेष ध्यान दिया है

सलाहकार समिति गठित राज्य शासन ने राज्य में व्याप्त कोरोना महामारी एवं उससे उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिये समय समय पर जन हितकारी एवं नीतिगत मामलों में सलाह देने के लिये सलाहकार समिति गठित की है इस समिति के संयोजक अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण होंगे